एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें स्वस्थ होने पर जोर देना चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य ख्शहाली का वाहक होता है आय्ष मंत्रालय ने लोगों को कोविड नाइन्टीन के दौरान प्रतिरक्षण क्षमता बढाने के लिए आय्वेद के उपयोग का सुझाव दिया है कोविड नाइन्टीन महामारी से बचाव के लिए केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू करवाएं राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि क्छ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लॉकडउन के तहत दी गई छूटों से अधिक रियायतें दी जा रही हैं उन्होंने कहा कि यह कोविड नाइन्टीन के फैलाव पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन का उल्लंघन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अस्पतालों में ओपीडी सेवा श्रू करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम लोगों को इलाज की सुक्विा मिल सके उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओपीडी संचालन में कोरोना से बचाव के सभी दिशा निर्देशों और एहतियाती उपायों का पालन किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के बीच पर्याप्त दूरी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण की आशंका न रहे मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आश्रय गृहों में भोजन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं श्री योगी ने कहा कि नगर निगम की ओर से लगातार सैनिटेशन अभियान चलाया जाना चाहिए प्रदेश सरकार ने इस बात इनकार किया है कि राज्य में कोविड नाइन्टीन सामुदायिक रूप में फैल रहा है अब तक राज्य में एक सौ तेरह मामलों की पृष्टि हई है कल दो लोगों की कोविड नाइन्टीन से मौत हो गई वे लोग बस्ती और मेरठ जिले के रहने वाले हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश के सोलह जिलों में ही सिर्फ कोरोना से पीड़ित मरीज मिले हैं और उन्सठ जिले अभी तक इस संक्रमण से अछूते हैं सत्रह लोग इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं बस्ती में पच्चीस वर्षीय युवक की कोरोना से मृत्यु के बाद शहर में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है जिला प्रशासन ने युवक के परिजनों के साथ साथ जनाजे में शामिल होने वाले छब्बीस लोगों को भी क्वारटीन किया है मोहल्ले वालों को अगले चौदह दिनों तक घरों से बाहर न निकलने को कहा गया है प्रशासन ने युवक के संपर्क में आने वालों का पता लगाने के लिए चौबीस टीमों का गठन किया है जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि शहर की सीमाएं सील कर दी गयी हैं और शहर में आने जाने वालों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है रामनवमी का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्वा और भक्तिभाव के बीच सादगी के साथ मनाया गया लॉकडाउन होने के कारण मंदिरों में भीड़ नहीं जूटी और लोगों ने घरों में रहकर भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना की अयोध्या वाराणसी मथ्रा प्रयागराज समेत अन्य स्थानों पर साध् सतों और पुजारियों ने लोगों से घरों में रहकर धार्मिक पर्व मनाने और लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करने की अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने भगवान श्रीराम से लोगों के कल्याण की कामना की पीलीमीत के सांसद वरूण गांधी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना एक माह का वेतन दिया है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी देशवासियों को एक साथ आना होगा उन्होंने कहा कि पीलीमीत में प्रतिदिन दस हजार भोजन के पैकेट गरीबों में बांटे जा रहे हैं भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य कर्मचारियों का वेतन न काटे जाने की घोषणा का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस घोषणा से कोरोना महामारी के बीच अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे प्रदेश के कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहेगा उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट देने की घोषणा से किसानों को लाभ होगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है

आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में एक द्रसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और लगातार हाथ साफ करते रहने को कहा गया है अपने हाथों को दोनों तरफ से कम से कम बीस सेकेण्ड तक साबुन पानी से धोने की भी सलाह दी गयी है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को दूसरों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शुन्य शुन्य एक आठ शुन्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शून्य सात छ पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या समस्या साझा कर सकते हैं